प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत देश भर के आठ करोड़ से अधिक किसान परिवारों को फायदा हुआ है यह योजना पिछले साल फरवरी माह में शुरू हुई थी जिसमें प्रत्येक पात्र किसानों को छह हजार रुपये प्रति वर्ष तीन बराबर किस्तों में दो हजार रुपये प्रति किस्त की दर से उपलब्ध कराना है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत अभी तक अड़तालीस हजार नौ सौ सैंतीस करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है इस योजना के अंतर्गत पहले दो हेक्टेयर भूमि वाले लघु और सीमांत किसानों को शामिल करना था बाद में सरकार ने इस योजना को भूमि सीमा हटाकर सभी किसानों तक पहुंचाया

किसानों को स्वयं रजिस्ट्रेशन या आंकड़ों में सुधार की सुविधा कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध है राज्य सरकार किसानों को मक्के की फसल में लगने वाले कीड़े फॉल आर्मी से बचाव के लिए कीटनाशी की खरीद पर प्रति एकड़ पांच सौ सत्तर रूपये का अनुदान देगी यह कीटनाशी की कीमत का अधिकतम पचास प्रतिशत होगा यह जानकारी देते हुए कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि फिलहाल प्रदेश के बाईस जिलों में फॉल आर्मी वर्म का खतरा ज्यादा है उल्लेखनीय है कि बिहार में मक्का के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार लेने के बाद राज्य सरकार ने इसकी सुरक्षित खेती पर ध्यान केन्द्रित किया है पटना जिले में नेऊरा से दनियावां के बीच बहप्रतीक्षित रेल लाईन के निर्माण का कार्य श्रू हो गया है जिला प्रशासन की ओर से इस रेलखंड के लिए लगभग पांच सौ पचपन एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है बाईस दशमलव दो किलोमीटर लंबी इस रेल लाईन के निर्माण पर लगभग सात सौ करोड़ रूपये खर्च होंगे नेऊरा से दनियावां रेलखंड के बीच छह स्टेशन बनाये जायेंगे मुजफ्फरपुर में बागमती परियोजना के लिए किये गये भूमि अधिग्रहण में सात करोड़ रूपये की गड़बड़ी के मामले में नीलाम पत्र अधिकारी सह जिला पंचायती राज अधिकारी फैयाज अख्तर ने वसूली के लिए नोटिस जारी किया है इसमें विशेष भू अर्जन विभाग के अधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से एक सौ सत्रह भूधारियों को वाजिब मुआवजे से कई गुना अधिक लगभग सात करोड़ रूपये का अवैध भूगतान कर दिया गया इस मामले में छह वर्ष पूर्व प्राथमिकी दर्ज की गयी थी संसद का बजट सत्र इकतीस जनवरी से शुरू होकर तीन अप्रैल तक चलेगा यह सत्र दो चरणों में आयोजित किया जायेगा पहला चरण इकतीस जनवरी से ग्यारह फरवरी और दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक रहेगा इस दौरान पहली फरवरी को वित्त वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का आम बजट पेश किया जायेगा उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि गया मुजफ्फरपुर भागलपुर और छपरा में खादी पार्क की स्थापना की जायेगी उन्होंने बताया कि गया में खादी पार्क बनाने के लिए मॉडल तैयार कर लिया गया है उसी के अनुरूप अन्य जगहों पर खादी पार्क बनेंगे आधारभूत संरचना विकास प्राधिकारआइडा द्वारा संचालित इकतालीस योजनाओं की समीक्षा बैठक में खादी पार्क के साथ ही पटना के फेजर रोड में हैंडलूम हार्ट स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया दरभंगा जिले में स्वास्थ्य कोन्द्रों और अस्पतालों में वंडर एप के माध्यम से चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के कामकाज की प्रणाली की निगरानी की जा रही है जिलाधिकारी त्याग राजन एसएम ने बताया कि मरीजों को भी इसका लाभ मिल रहा है क्योंकि उन्हें बेहतर चिकित्सा प्राप्त करने में भी सूविधा हो रही है जिलाधिकारी ने बताया कि इस एप्लीकेशन को व्यवहार में लाने से स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार हुआ है वहीं दोषी चिकित्सकों और पारा मेडिकल कर्मियों की लापरवाही भी इस एप के माध्यम से पकड़ में आ रही है पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में कल शाम से देर रात तक हल्की से मध्यम बारिश हुई मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अगले दो दिनों तक बारिश होने की संभावना है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी जिसके बाद एक बार फिर ठंड में बढ़ोत्तरी होगी मौसम खराब होने के कारण रेल सड़क और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है पटना एयरपोर्ट से कई विमानों की उड़ान रद्द कर दी गयी जबकि कई अन्य विमानों के देर से उड़ान भरने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि रोहतास अररिया बक्सर और दरभंगा में चार से लेकर पांच घंटे तक बारिश हुई है इधर बक्सर जिले में प्रशासन ने सभी स्कूलों में ग्यारह जनवरी तक पठन पठान स्थगित रखने के निर्देश दिये हैं गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल के बारे में जागरूकता के प्रसार और अन्य सुविधाओं के लिये आज पटना में जेम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी इस संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे इस कार्यक्रम में पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाओं पर चर्चा होगी साथ ही विक्रेताओं की समस्याओं का भी समाधान किया जायेगा मुजफ्फरपुर के ज्ञान लोक मुहल्ले में सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार अजय कुमार शर्मा और उनकी पत्नी रेणु शर्मा की अपराधियों ने रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुए इस हत्याकांड के समय दंपत्ति अपने घर में अकेले थे हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है पुलिस मामले की जांच कर रही है कटिहार जिले में पागलबाड़ी के पास आज सुबह एक यात्री बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से बारह से अधिक लोग घायल हो गये राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चन्द्रमुखी देवी ने बेगूसराय में जेल के महिला कैदी वार्ड में क्षमता से अधिक बंदी रखे जाने पर नाराजगी व्यक्त की है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित होने वाली मैट्रिक परीक्षा के प्रैक्टिकल के लिए प्रवेश पत्र कल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा प्रैक्टिकल परीक्षा बीस से बाईस जनवरी के बीच में होगा जबकि लिखित परीक्षाएं सत्रह से चौबीस फरवरी तक के बीच आयोजित की जायेगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य तनाव की खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके अलावा अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है ईरान के जवाबी हमले से दहशत दैनिक जागरण ने सीबीआई के बयान को प्रमुखता देते हुए शीर्षक दिया है मुजफ्फरपुर बालिका गृह में किसी बच्चे की नहीं हुई हत्या वहीं दैनिक भास्कर ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए इसे अपनी सबसे बड़ी खबर बनाया है अखबार ने लिखा है क्या पैंतीस मौत की कहानी केस डायवर्ट करने के लिए प्रभात खबर ने सूजन घोटाला मामले में दायर आरोप पत्र को सुर्खी बनाते हुए लिखा है भागलपुर के पूर्व डीएम वीरेन्द्र के खिलाफ आरोप पत्र दायर आज अखबार लिखता है बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा से मिले सीएम नीतीश कुमार